ये वेंटिलेटर महाराष्ट्र दिल्ली गुजरात बिहार कर्नाटक और राजस्थान को दिये गये हैं

इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक हजार करोड़ रूपये पहले ही जारी किये जा चुके हैं इस सहायता का उपयोग प्रवासियों के आवास भोजन विकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए किया जाएगा फंड का बढ़ा हिस्सा महाराष्ट्र को आवंटित किया गया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का नम्बर आता है

गुजरात दिल्ली पश्चिम बंगाल बिहार मव्य प्रदेश राजस्थान और कर्नाटक को भी अनुदान जारी किये गये हैं मूपेंद्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर छप्पन दशमलव तीन सात प्रतिशत हो गई है अब तक दो लाख अडतालिस हजार एक सौ नब्बे संक्रमित रोगी ठीक हो गये हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान दस हजार नौ सौ चौरानबे रोगी स्वस्थ हए वर्तमान में एक लाख अठहत्तर हजार चौदह लोगों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कृल चौदह हजार नौ सौ तैंतीस नये मामले आने के साथ संक्रमितों की कृल संख्या चार लाख चालीस हजार दो सौ पन्द्रह हो गई है एक दिन में इस संक्रमण से तीन सौ बारह लोगों की मृत्यू होने के साथ मृतकों की संख्या चौदह हजार ग्यारह हो गई है इसके साथ ही देश में मृत्यु दर तीस दशमलव एक आठ प्रतिशत हो गई है योग ग्रु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड नाइन्टीन के उपचार के लिए कोरोनिल नाम की औषधि तैयार की है उत्तराखंड के हरिद्वार में इस औषधि की शुरुआत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के लिए पतंजलि ने आयुर्वेदिक चिकित्सकीय नियंत्रण अनुसंघान सास्य और परीक्षण पर आधारित औषधि तैयार की है उन्होंने बताया कि इस औषधि की जांच के दौरान पाया गया कि कोविड नाइन्टीन से संक्रमित उनहत्तर प्रतिशत रोगी तीन दिनों में ठीक हो गये जबकि शत प्रतिशत एक सप्ताह में स्वस्थ हो गये आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रंखला में हम कोविड नाइन्टीन पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को स्रक्षित दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का पालन करने की सलाह दी एम्स के डॉ राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड नाइन्टीन का संक्रमण उन लोगों में फैलता है जिनका कोई यात्रा इतिहास रहा हो या वे संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये हों सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सउदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉमोहम्मद सालेह बिन ताहिर बेंतन ने उन्हें फोन पर इस साल हज यात्रियों को सउदी अरब नहीं भेजने का सुझाव दिया है श्री नकवी ने कहा कि हज के लिए कुल दो लाख तेरह हजार आवेदन प्राप्त हुए थे उन्होंने कहा कि आवेदकों को बिना किसी कटौती के पूरी रकम वापस करने की प्रक्रिया श्रू कर दी गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि धनराशि ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से आयेदकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी श्री नकवी ने बताया कि हज दो हजार उन्नीस में क्ल दो लाख भारतीय हज यात्रा पर सउदी अरब गये थे जिनमें से पचास प्रतिशत महिलाएं थीं पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के कई जिलों में आसमान में बादल छाये हुये हैं कई स्थानों पर रूक रूक कर बारिश होने की भी खबर है बलिया आजमगढ गोण्डा और अयोध्या के कुछ क्षेत्रों में आज हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हयी कन्नौज जिले में हयी बारिश से लोगो को भीषण गर्मी से राहत मिली है उधर मऊ गोरखपुर देवरिया कुशीनगर और संतकबीरनगर जिलों में बारिश के बाद निकली धूप से उमस भरी गर्मी शुरू हो गयी है मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने का भी पूर्वान्मान है